राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर सात सौ अठहत्तर रह गई है राज्य में अब तक पंद्रह हजार चार सौ अद्वासी रोगी स्वस्थ हो च्के है और कोविड रिकवरी दर बढ़कर चौरानबे दशमलव नौ शून्य प्रतिशत हो गई है कल दर्ज किए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से नौ ईस्ट सियांग से छह चांगलांग से तीन लोअर स्बनसिरी और वेस्ट कामेंग जिले से दो दो अंजाव और नामसाई जिले से एक एक मामले शामिल है कोरोना वेक्सिन पर ईस्ट सियांग जिला टास्क फोर्स की आज पासीघाट में बैठक हई जिला उपाय्क्त डॉ किन्नी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्लिस अधीक्षक राजीव रंजन सिंह जिला स्वास्थ अधिकारी डॉकालिंग दाई डी आर सी एच ओ डॉटीगाव आई सी जी एस की अधिकारी एम गाव सहित कई स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे

प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कानून एवं व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने तिराप चांगलांग और लोंगडिंग में विकास गतिविधियों में और तेजी लाने और असमाजिक गतिविधियों पर कार्रवाई का स्झाव दिया गोहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर स्थायी पीठ के न्यायाधीश तानी तागिया के साथ हाल की बैठक की चर्चा करते हए राज्यपाल ने म्ख्यमंत्री से कानूनी विशेषज्ञों से स्झाव लेकर न्यायिक प्रशासन में खामियों को दूर करने को कहा राज्यपाल ने म्ख्यमंत्री को अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की आगामी संय्क्त प्रतियोगिता की म्ख्य परीक्षा को पारदर्शिता के साथ आयोजित कराने के लिए राज्य सरकार की तरफ से आयोग को पूर्ण सहयोग देने का स्झाव दिया बैठक के दौरान प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में आवश्यक वस्त्ओं की आप्र्ति और कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए इनोवेटिव आईडिया अपनाने पर चर्चा हुई राज्य को सब्जी और पश्पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की क्लस्टर फार्मिंग और न्यूट्रिशनल किचन गार्डेन स्कीम की सराहना करते हए राज्यपाल ने बोटनिकल और हर्बल गार्डेन्स को बढ़ावा देने को कहा

अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आप्सू के अध्यक्ष हवा बागांग ने पंचायत और शहरी निकायों के च्नाव में केवल राज्य के मूल नागरिक को ही शामिल करने की मांग की है संघ ने इस संबंध में दायिंग इरिंग समिति उन्नीस सौ पैसठ की सिफारिश का हवाला देते हए प्रदेश की मूल जनजातियों के हितों के साथ समझौता न करते हुए पंचायत और शहरी निकाय के च्नाव कराने का सरकार से अन्रोध किया है

आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उपनिदेशक सतोषी सासाकी ने कहा कि यह दिवस दिव्यांग जनों की कठिनाईयों को दूर करने के विश्व सम्दाय के दृढ़ संकल्प का दिन है इधर आज इस मौके पर राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने अलग तरीके से सक्षम लोगों को श्भकामनाए दी है राज्यपाल ने कहा कि दिव्यांगजनों का उनके अपने परिवार एवं सामाजिक आर्थिक जीवन में भागीदारी के लिए समाज और सामाजिक रवैया काफी महत्व रखता है उन्होंने समाज के हर तबके के लोगों से अलग तरह से सक्षम लोगों को स्थायी आजीविका प्रदान करने और स्वतंत्र रुप से जीने का अवसर देने को कहा

वहीं मणिप्र स्थित थोउबल जिले के नोंगपोक सेकमाई प्लिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ और तामिलनाड् स्थित सूर्यामंगलम महिला प्लिस स्टेशन दूसरी सबसे अच्छी प्लिस स्टेशन घोषित किया गया है गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मामला मंत्रालय प्लिस स्टेशन को श्रेणीबद्ध करते है महिलाओं के खिलाफ अपराध कमजोर वर्ग के खिलाफ ग्नाह ग्मश्दा व्यक्तियों अज्ञात मृत व्यक्ति और संपत्ति अपराध पर आधारित अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा पर आधारित पिछले अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्लिस स्टेशनों को श्रेणीबद्ध करने के लिए वार्षिक सर्वेक्षण चलाई गई थी

अब यह वैक्सीन अगले सप्ताह से बाजार में आने लगेगी